चक्रधरपुर रेलमंडल लौह अयस्क के लदान में देषभर में अव्वल अन्य माल ढलाई के मामले में भी चक्रधपुर रेल मंडल ने देषभर में दुसरा स्थान प्राप्त किया मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एकजुट और सतर्क रहें यदि लोग पूरी एहतियात ना बरते तो सभी को कोराना वायरस से खतरा है उन्होंने कहा कि एक दूसरे का सहारा बने ताकि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण हो उनको सामने आने और जांच कराने की हिम्मत मिले मुख्यमंत्री को मंत्री मिथलेश ठाक्र ने गढ़वा जिले के खारोंधी प्रखंड के अरंगी पंचायत में पिछले तीन महीने से राशन का सही ढंग से वितरण नहीं होने की जानकारी दी थी गढ़वा जिले के उपायक्त ने बताया है कि उस डीलर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है अगले पंद्रह दिनों में कारण बताओं नोटिस देकर उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा इस मामले में डीलर पर तीन महीने से कई दलित परिवारों को राशन नहीं देने का आरोप है

इस राहत कोष में दो लाख रुपये से अधिक की राषि जमा की गई है उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि इस कोष का संचालन पारदर्षी तरीके से किया जायेगा और इसमें प्राप्त होने वाली राषि से लॉकडाउन के दौरान लोगों को हर संभव सहायता पहुंचायी जायेगी

जिले को सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने एक सप्ताह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का निर्णय लिया है

टाटा स्टील कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी सी एस आर के प्रमुख सौरभ रॉय ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण लॉक डाउन पर कई पंचायतों में भोजन के अभाव की स्थिति बन गई

उपायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए यह व्यवस्था की गयी है किर्सी अन्य राज्य या जिलों से आये लोगों को लोहरदगा जिलों में प्रवेश करने पर चौदह दिनों तक क्वारन्टीन सेंटर में रखा जायेगा उसके बाद ही उन्हें घर भेजा जाएगा लोहरदगा जिला प्रशासन ने जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवम बचाव के लिए अपील करते हए कहा है कि लॉक डाउन प्रभावी है

रामगढ़ जिले में लॉकडाउन की अवधि के दौरान रामगढ़ जिला प्रषासन द्वारा सभी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है जिला आपदा राहत कोष में स्वेच्छा से दान करने की अपील भी की जा रही है

इनमें से एक सौ तैंतीस लोगों को उपचार के बाद छटटी दे दी गई है अब तक कुल अड़तीस लोगों की मृत्यु हुई है

पलामू जिले में आज पुलिस ने तब्लीगी जमात के एक समन्वयक मोहम्मद हासिम को स्वास्थ्य कर्मचारियों को सुपुर्द कर दिया इस बात की पुष्टि करते हुए पलामू जिले के सिविल सर्जन डॉ जॉन एफ कैनेडी ने बताया कि मोहम्मद हासिम स्थानीय कुजरा पट्टी का निवासी है

अब इस मौलाना को सदर अस्पताल में बनाये गये क्वाइरेंटरइन में रखा गया है

बोकारो जिले के चीराचास से एक युवती का कोरोन वायरस टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है

बोकारो के सिविल सर्जन ने बताय कि युवती ने स्वं जिला प्रषासन को अपनी यात्रा की जानकारी दी है केन्द्रीय कैबिनेट सचिव ने आज सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेषक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर तब्लीगी जमात में शामिल होने वालों के गहन जांच करने और युद्वस्तर पर इनके संपर्क में आनेवालों की जांच प्रक्रिया को पूरी करने के निर्देष दिए हैं जांच में यह पता चला है कि तब्लीगी जमात में भाग लेने वाले विदेशियों ने वीजा शर्तों का उल्लंघन किया था राज्य को विदेशियों और घटना के आयोजकों के खिलाफ वीजा की शर्त के उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया है सभी राज्यों को अगले सप्ताह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लाग करने के लिए कहा गया है यह योजना लागू करने से लाभार्थियों को नकद हस्तांतरण किया जा सकेगा बैठक में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने और लॉकडाउन पूरे देश में प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी चर्चा की गई

एक रिपोर्ट साहिबगंज जिले में उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि कोरोना वायरस के संकमण को महामारी बनने से रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा दौदह अप्रैल दो हजार बीस तक लॉक डाउन लाग किया गया है इसलिए संक्रमण को रोकने के लिए सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग को अनुपालन करें

सभी प्रकार के कार्यालय प्रतिष्ठान कंपनी निर्माण कार्य मजदूर कृषि कार्य पूरी तरह से बंद किए गए हैं ऐसी कठिन परिस्थिति में छात्र छात्राओं की पढाई के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है

गुमला जिले में उपायुक्त शशि रंजन समेत अन्य अधिकारियों ने आज जिले के जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आईटीडीए भवन परिसर से भोजन रथ को रवाना किया लॉकडाउन अवधि में ग्मला जिले में उत्पन्न परिस्थितियों से प्रभावित गरीब बेघर बुजुर्ग मजदूर अनाथ अन्य राज्यों से आए हए कामगार असहाय जरूरतमंद और वैसे लोग जो स्वयं से भोजन बनाने में असमर्थ हैं उनको ताजा भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा यह पहल की गयी है

मंडल की ओर से जानकारी दी गई है कि अन्य सभी तरह की माल दुलाई के मामले में भी चक्रधपुर रेल मंडल ने देषभर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है

सिमडेगा जिले में देश के अन्य राज्यों से आनेवाले लोगों की चिकित्सीय जांच कराते हुए उन्हें होम कवारेंटाईन में रखा गया है